उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और मस्तिष्क के अन्कूल खिलौने बनाने का अन्रोध कियाश्री मोदी ने कहा कि पहला खिलौना मेला व्यापारिक या आर्थिक गतिविधि नहीं है बल्कि देश के सदियों पुराने खेलों की संस्कृति को मजबूती प्रदान करने का आयोजन है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बह्त बड़ी ताकत छिपी है और आत्मनिर्भर भारत अभियान से इसमें और वृद्धि हो रही है उन्होंने कहा कि भारतीय खिलौने मनोरंजन के साथ जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को आसानी से सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं श्री मोदी ने कहा कि खिलौने बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं इसलिए उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों के साथ खेलने का अन्रोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टॉय टूरिज्म की संभावनाओं को स्दृढ़ किया जा रहा है राज्यों को बराबर भागीदार बनाकर टॉय क्ल्सटर विकसित करने का प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौना उदयोगों को विश्व बाजार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हए खिलौनों का निर्माण करना होगा इस मेले में एक हजार से अधिक खिलौना निर्माता भाग ले रहे हैं इस अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि खिलौना मेले में ग्यारह राज्यों के पेवेलियन दिखाई देंगे इस मेले में खिलौना उद्योग के सौ विशेषज्ञ और जानकार वक्ता भाग लेंगे उन्होंने कहा कि भारत खिलौना मेला प्रधानमंत्री की प्रेरणा और निर्देशों के अन्सार आयोजित किया जा रहा है

इस दौरान राज्यपाल ने कहा की वर्तमान के सामाजिक भ्र रणनीतिक दृश्य के मद्देनजर मियाओ और विजोयनगर के बीच की सड़क की उपलब्धता काफी अहमियत रखता है उन्होने कहा कि इस सड़क के निर्माण के बाद हर मौसम के लिए प्रे वर्ष भर यह सड़क मार्ग ख्ली रहनी चाहिए राज्यपाल ने संबद्ध इंजिनियर और सभी हितधारको से इस सड़क परियोजना कार्य को जल्द संपन्न करने के लिए मिलकर प्रयास करने को कहा उन्होंने कहा कि इस सड़क परियोजना के प्रे होने पर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और नामदफा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व के वनस्पति और जीवो को भी संरक्षण मिलेगा

ग्मराह कैडरो को उग्रवादियो के च्ंगल से छ्ड़ाने की अपनी म्हिम को लगातार जारी रखते हुए स्रक्षा बल सक्रिय उग्रवादियो को जरुरी सहायता मु्हैय्या कराते हुए उन्हे मुख्यघारा से जोड़ने में सहयोग दे रहे है

यह बात सामने आई है कि विद्यालय मे इकोनोमिक्स हिन्दी पोलटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयो के सीनियर शिक्षको के बगैर शिक्षण गतिविधियाँ चल रही है छात्रो ने राज्य सरकार से महीने भर के अंदर आवश्यकतान्सार शिक्षको की जल्द पोस्टिंग की अपील की इस दौरान अतिरिक्त सहायक उपाय्क्त जेगिंग ने इस मामले को देखने के लिए एक समिति गठित करने का आश्वासन दिया और बिना देर किए रिपोर्ट राज्य सरकार को सौपने का भी आश्वासन दिया